चार हजार से अधिक शहरों में चालीस करोड़ लोग इस सर्वेक्षण के दायरे में होंगे

सर्वेक्षण के अंतर्गत लोगों की भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है पहली बार किसी भी संबद्ध अधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना निरीक्षण किया जायेगा और यह सर्वेक्षण लोगों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित होगा स्वच्छ सर्वेक्षण एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर नागरिकों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन देना है इसके अंतर्गत कचरा रहित और खुले में शौच मुक्त शहरों में की जाने वाली पहल को सुनिश्चित किया जायेगा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि विश्वसनीय परिणाम सामने आये मुख्यमंत्री अपील मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि आज से शुरू हो रहे स्वच्छ सर्वेक्षण में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कर प्रदेश को स्वच्छता में नंबर एक बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है श्री कमलनाथ ने अपने ट्वीटर हैंडल में लिखा है कि पिछली बार भी आपकी जागरूकता सहभागिता और जज़्बे से हम सफल हुए थे अभी भी इस सफलता को हमे कायम रखना है नोट केन्द्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि दो हजार रूपए के नोटों के मुद्रण के बारे में हाल में कोई फैसला नहीं लिया गया है आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चन्द्र गर्ग ने कहा कि नोटों के मुद्रण की योजना संभावित आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है

उनकी यह टिप्पणी मीडिया की इन रिपोर्ट के बीच आई है कि सरकार ने दो हजार रुपए के नोटों का मुद्रण रोक दिया है

यह मामला शून्यकाल के दौरान उठाया गया इससे पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कुछ महिला सांसदों ने इस बारे में उनसे मुलाकात की है और इस पर चर्चा कराने की अनुमति मांगी है समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा में पारित महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ नहीं है उन्होंने सुझाव दिया कि दलित महिलाओं के लिए भी विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिए पुरीक्षा तैयारी भिंड में दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर हुई बैठक में कलेक्टर ने हाईस्कूल हायर सेकेंडरी प्राचार्य व्याख्याता बीईओ और बीआरसीसी से कहा कि जिले में पिछले तीन साल में जिस तरह से नकल पर अंक्श लगा है वैसी स्थिति इस बार भी होनी चाहिए इसमें लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी कलेक्टर ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक जहां पदस्थ हैं वहां उनका उत्कृष्ट कार्य दिखना चाहिए मौसम प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अभी भी ठंड का असर हवाओं के चलते बना हुआ है वहीं शेष जगहों के मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं रहा मौसम केन्द्र भोपाल के अनुसार आने वाले एक दो दिनों में मौसम के मिजाज ऐसे ही बने रहेंगे

झाँसी होकर आई यह यात्रा शाम को डबरा पहुँची जहाँ इसकी अगुवानी की गई

अभी तक सात घड़ियालों की मौत हो चुकी है सीसीएफ ग्वालियर ने देवरी घड़ियाल केन्द्र पर पहुंचकर निरीक्षण किया